और प्रदेश में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढा

नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में देश भर में लगातार समर्थन ज़लूस का आयोजन किया जा रहा है विभिन्न राजनीतिक सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि यह अधिनियम अत्याचार से पीड़ित लोगों को नागरिकता देता है किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं छीनता बाईट ये कानून जैसे कि यह अभी बार बार बताया गया है कि किसी को नागरिकता से वंचित रखने वाला नहीं है नागरिकता देने वाला है ये सकारात्मक कानून है और उसके बारे में कोई गलत धारणा किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए और किसी को उसके बारे में गलत पद्धति से प्रचार करते हुए समाज में दरारें निर्माण करने से भी बचना चाहिए अगर हम देश की सीमाओं के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल देते हैं तो अत्याचार पीड़ित व्यक्ति के साथ अत्याचार करने वाला व्यक्ति भी इस देश में आ सकता है प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और नागरिकता पंजीकरण रजिस्टर एनआरसी के समर्थन में जुलूस निकाला बेगूसराय के रजौड़ा चौक से हरदिया चौक तक समर्थन मार्च में बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए इधर दरभंगा अरवल सहरसा भागलपुर पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज और सुपौल में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में धन्यवाद यात्रा निकाली गयी समस्तीपुर जिले के पूसा में भाजपा की ओर से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा और निवर्तमान जिला अध्यक्ष राम सुमिरन सिंह सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार इक्कीस की जनगणना करवाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने को मंजूरी दे दी है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 मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अटल भू जल योजना को भी मंजूरी प्रदान की है मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद सृजित करने को भी मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इसकी घोषणा की थी

आज नई दिल्ली में आयोजित आकाशवाणी वार्षिक प्रस्कार वितरण समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल रेडियो के ऑडियो की गुणवत्ता ज्यादा बेहतर होगी और अधिक लोगों तक इसकी पहुंच हो सकेगी समारोह को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि अभी आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बहुत अधिक है उन्होंने कहा कि आकाशवाणी विश्व में समाचार संकलन और उसके प्रसारण के बड़े माध्यमों में से एक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संचयन के लिए अधिकारियों को सार्वजनिक कुओं के सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने किसानों को मुजफ्फरपुर प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौर क्षेत्रों के सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करने को कहा मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिये हेमंत सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे श्री सोरेन को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया रांची में अभी झामुमो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन की बैठक चल रही है जिसमें औपचारिक रूप से उन्हें गठबंधन दल का नेता चूना जायेगा श्री सोरेन ने कहा कि वे अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची पक्की चौक के पास अपराधियों ने आज दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन से चौबीस लाख रूपये लूट लिये बताया जाता है कि कैश वैन के कर्मचारी एक एटीएम में रूपये डालने गये थे इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया अपराधी नकदी के साथ सुरक्षा गार्ड का राईफल भी लेकर फरार हो गये पुलिस मामले की छानबीन कर रही है इधर वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तर पर सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गयी इसके विरोध में आक्रोशित स्थानीय लोगों ने खाली पड़े तीन यात्री बसों में आग लगा दी राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढ़ गया है विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी है भागलपुर जिले का सबौर और रोहतास जिले का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गया का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव दो और पटना का न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मौसम विभाग ने अपने पूर्वान्मान में कहा है कि अगले चौबीस घंटों में ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है विभाग ने कहा है कि कल पटना समेत अधिकतर स्थानों में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है इसके साथ ही सुबह और शाम के समय अधिकतर जगहों पर कोहरा छाया रहेगा पूर्व मध्य रेलवे ने घने कोहरे के कारण कई मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है इन ट्रेनों में उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस उपासना एक्सप्रेस बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस न्यू फरक्का एक्सप्रेस हरिद्वार कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस पटना गया पैसेंजर समेत कई अन्य ट्रेनें शामिल हैं इसके साथ ही कई ट्रेनों के परिचालन के समय में परिवर्तन किया गया है खगड़िया में खेली जा रही राज्यस्तरीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का फाईनल मैच कल पटना और पूर्णिया के बीच होगा आज खेले गये सेमीफाईनल मुकाबले में पटना की टीम ने खगड़िया को एक गोल से पराजित कर दिया वहीं दूसरे सेमीफाईनल में पूर्णिया ने एकतरफा मुकाबले में सिवान को शून्य के मुकाबले तीन गोल से हरा दिया बौद्ध धर्मगुरु दलाईलामा आज बोधगया पहुंचे चौदह दिन के प्रवास पर आये दलाईलामा दो से छह जनवरी तक कालचक्र मैदान में प्रवचन करेंगे इससे पहले गया हवाई अड्डे पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह समेत अनेक गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए आज देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया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

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना करता है

सीसीपीए अनुचित व्यापार तरीकों से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों को रोकने के लिए काम करेगा यह उत्पादों की वापसी और पैसा वापस दिलाने के लिए भी कार्रवाई कर सकता है

राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में एक ट्रैवल एजेंसी के कार्यालय पर छापेमारी कर पुलिस ने पचास हजार से अधिक मूल्य के रेलवे टिकट बरामद किया है इस संबंध में एजेंसी के मालिक सीताराम गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है बेगूसराय की स्थानीय अदालत ने हत्या के एक मामले में छह दोषियों को उम्रकैद के साथ दस दस हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है ये मामला वर्ष दो हजार सत्रह का है

और प्रदेश में तेज पछुआ हवा के कारण ठंड का प्रकोप बढा